कल इस मामले पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा कि न्यायालय इसे बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके लिए राज्य सरकारों का दायित्व निर्धारित करेगा शीर्ष अदालत ने दिल्ली में प्रदूषण को घातक बताते हुए कहा कि घरों के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं हैं वहीं पीठ ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में अगले आदेश तक सभी प्रकार के निर्माण और तोडफोड़ की गतिविधियों तथा कूडा कचरा जलाने पर रोक लगा दी है वहीं जिम्मेदारी तय करने के संबंध में पीठ ने पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को कल तलब किया है

श्री गहलोत कल बाडमेर के पंचपदरा में रिफायनरी के कार्यों का निरीक्षण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि इस परियोजना से देश प्रदेश और स्थानीय लोगों को भी बड़े स्तर पर फायदा होगा

उधर जालौर जिले के पथमेड़ा गोधाम में कामधेन् शक्तिपीठ स्थापना महोत्सव के कार्यक्रम को संबोधित करते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिकता से गौवंश की रक्षा का काम कर रही है उन्होंने गौधाम के विकास के लिए पांच करोड़ रूपए की राशि की घोषणा भी की

आज अंतिम दिन होने के कारण बडी संख्या में नामांकन पत्र भरे जाने की संभावना है

प्रदेश में रोडवेज बसों के संचालन में दूरी कम नहीं की जायेगी इस संबंध में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कल विभागीय समीक्षा बैठक के बाद बताया कि बस संचालन में दो लाख किलोमीटर की दूरी कम करने के बारे में फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया

राज्यपाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र की अध्यक्षता में कल राजभवन में कुलपति समन्वय समिति की बैठक हुई इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया बैठक में प्रदेश के विश्वविद्यालयों को इन्टीग्रेटेड हायर एजुकेशन पोर्टल से जोडने का फैसला किया गया है साथ ही राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों को लेन देन और खातों से संबंधित सभी काम राष्ट्रीयकृत बैंकों के माध्यम से ही करने के निर्देश दिए

मोटर व्हीकल प्रावधानों के सरलीकरण के बाद अब चालक अपने स्थायी पते के आधार पर राज्य में कहीं भी ड्राइविंग लाईसेंस बनवा सकेंगे